बिहार के छपरा में आज चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश द्वारा हमले की जिम्मेमदारी लेने से उन लोगों के असली चेहरे उजागर हो गये हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर गंदी राजनीति की थी विपक्ष की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश यह कभी नहीं भुला सकता कि जब भारत ने अपने सपूतों को खोया तो कुछ लोग उस समय केवल राजनीति कर रहे थे

इसे देखते हए दोनों ही प्रमुख पार्टियां प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं

वहीं कांग्रेस गद्दार और वफादार कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में हुई गड़बड़ियों को जनता के सामने रख रही है मुरैना के अंबाह में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज पार्टी प्रत्याशी कमलेश जाटव के समर्थन में रोडशो किया उनके साथ फिल्म कलाकार राजपाल यादव भी थे वहीं कांग्रेस की ओर से मुरैना में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और आचार्य प्रमोद पार्टी प्रत्याशी राकेश मवई के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं

वहीं इससे स्वस्थ होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है

इधर प्रदेश में अब तक एक लाख साठ हजार से अधिक मरीज संकमणमुक्त हो चुके हैं राज्य में सकिय मामलों की संख्या भी घटकर नौ हजार से नीचे पहुंच गई है जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल छप्पन मरीज स्वस्थ हुए वहीं चौतीस नये प्रकरण सामने आये

राज्य में होने वाले उपच्नाव में भी कोरोना संकमण से बचाव के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं इसी के तहत मुरैना जिले में दो स्थानों से मतदान सामग्री का वितरण किया जायेगा वहीं शिवपुरी में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मतदान केन्द्रों को सैनेटाइज करने के निर्देश दिये हैं

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश छत्तीसगढ आन्ध्रप्रदेश सहित पांच अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं

इस दौरान फिट इंडिया फिट बड़वानी का संदेश दिया गया उधर अनूपपुर में कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने ध्वजारोहण किया

इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरागांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये गये

इस दौरान किसानों को एकीकृत कीट प्रबंधन बीच उत्पादन सहित अन्य खेती संबंधी कार्यो पर चर्चा की गई